लाभार्थियों के खाते में डाले गये दो दो हजार रूपये

आज संक्रमण के सात हजार चार सौ चौरानवे नये मामलों की प्रष्टि

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की

हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्च्यअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने यह बात कही उन्होंने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा घड़ी में देश के प्रति द्रढ़ सेवा भाव दिखाया है

यह आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की परियोजना चला रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष आठ महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी रही है कोविड महामारी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आए हैं उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने अपने इलाकों में समुचित साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करें इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का आह्वान किया कोविड के साथ लड़ाई में सरकार के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे महामारी से जान गंवाने वाले प्रत्येक नागरिक के परिजनों के दुख दर्द को समझते हैं देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से टीके के लिए पंजीकरण कराने और कोरोना से बचने के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है बाईट पीएम कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर अपने परिवार पर सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम हैं आवश्यकताएं हैं उसे हमें उठाने ही हैं मास्क लगाकर पहनना बहुत जरूरी है वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे दूसरी बात आपको किसी भी प्रकार के खांसी सर्दी जुकाम बुखार उलटी दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है पहले तो खुद को अथासंभव दूसरों से अलग करना है फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट न आये तब तक डॉक्टरों ने दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है इस योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रुपये तीन किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं अब तक ग्यारह करोड़ अठाईस लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है इस योजना के तहत एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं इनमें से कोरोना महामारी की मुश्किल घड़ी में कुल साठ हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं बिहार में इस योजना के तहत अब तक इक्यासी लाख तैंतीस हजार किसानों को आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गयी है इसके तहत सात हजार पांच सौ इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खाते में भेजी गयी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला लगातार जारी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज संक्रमण के सात हजार चार सौ चौरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक नौ सौ सड़सठ नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं पूर्णिया जिले से चार सौ इकतालीस कटिहार जिले से तीन सौ नवासी गोपालगंज जिले से तीन सौ सतासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं बेगूसराय मधुबनी मुंगेर मुजफ्फरपुर नालंदा रोहतास सहरसा समस्तीपुर और सुपौल जिलों से दो सौ से अधिक संक्रमित पाये गये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है प्रदेश में अब तक छियासी लाख अठहत्तर हजार आठ सौ निन्यानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से एक लाख दो हजार छह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि छब्बीस हजार नौ सौ ग्यारह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक लगभग अठारह करोड़ लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं केन्द्र सरकार अगले पन्द्रह दिनों में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को एक करोड़ नब्बे लाख टीके निःशुल्क भेजेगी इसमें एक करोड़ बासठ लाख पचास हजार कोविशील्ड और उनतीस लाख उनचास हजार कोवैक्सीन के टीके शामिल हैं ये टीके पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाये जाएंगे इससे पहले केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को एक करोड़ सत्तर लाख टीके भेजे थे पटना एम्स में सोलह मई को प्लाज्मा डोनेशन कैम्प का आयोजन किया जायेगा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नेहा सिंह ने बताया कि अठारह से पैंसठ साल आयु वर्ग के वैसे लोग जो कोरोना से कम से कम अट्ठाईस दिन पूर्व स्वस्थ हुये हों वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं इच्छुक लोगों को पंद्रह मई को दिन के दस बजे से शाम चार बजे तक अपना सैंपल एम्स जाकर जमा करना होगा समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में आध्रनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जायेगा विधानसभा के उपाध्यक्ष और कल्याणपुर के जदयू विधायक महेश्वर हजारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस प्लांट की स्थापना की जायेगी उन्होंने बताया कि इस आक्सीजन प्लांट से दो सौ लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा इस प्लांट के चालू हो जाने के बाद अनुमंडलीय अस्पताल के पैंसठ बेडों पर भी ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई शुरू हो जायेगी जिससे कोरोना समेत अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी कोविड की इस दूसरी लहर में जहां लोगों की जान मुश्किल में है वहीं एक ऐसा भी वर्ग है जो खुद जान पर खेलकर संक्रमित मरीजों की अस्पतालों में सेवा कर रहा है

लेकिन विशेष रुप से यहां की दो नर्स सुलेखा और सोनी ने प्रशंसा बटोरी है क्योंकि दोनों गर्भवती होते हुए भी अपनी सेवाएं दे रही हैं सुलेखा तो इस दौरान कोविड संक्रमित भी हो गयी लेकिन उन्होने हौसला नहीं खोया और कोरोना को पराजित किया

वे कहते हैं कि दोनों नर्स का जज्बा सबके लिए एक प्रेरणा है

आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी

श्री प्रसाद ने बैठक में पटना में कोविड मरीजों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर दवाईयां और बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये नवादा विधायक विभा देवी और गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान की ओर से दो सौ ऑक्सीजन सिलेंडर नवादा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये हैं जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने से प्रखंड क्षेत्र में मरीजों को इलाज में सुविधा होगी ईद उल फित्र का त्योहार आज सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है कोविड महामारी के मद्देनजर इस बार ईदगाहों और मस्जिदों के बदले घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी गयी धर्म गुरूओं ने मुस्लिम भाईयों से वैश्विक महामारी को देखते हुये अपने घर में ही ईद मनाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना की है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं के संबंध में चल रही कुछ अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में कोई भी निर्णय लिये जाने पर आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से प्री मानसून का दौर कमजोर पड़ा है इसके चलते अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि चक्रवाती परिसंचरण के कारण राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है खगड़िया सदर अस्पताल में सौ बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए उत्पादन संयंत्र लगाया जायेगा डीआरडीओ की सहायता से इसकी स्थापना की जायेगी इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जून में इसके चालू होने की संभावना है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा के मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान वितरण शिविर का आयोजन किया गया जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बाईस लोगों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि प्रदान की यह राशि सीधे लाभुक के खाता में एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित हो जायेगी

लाभार्थियों के खाते में डाले गये दो दो हजार रूपये

आज संक्रमण के सात हजार चार सौ चौरानवे नये मामलों की पुष्टि

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की